कैबिनेट ने निराश्रित महिलाओं के लिए सालाना वित्तीय मदद पांच हजार से बढ़ाकर छः हजार रुपए करने को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे उनका यह संबोधन आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट संदेश में यह जानकारी दी है भारत रल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया मरणोपरांत सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और गायक भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत सम्मान दिया गया राष्ट्रपति ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में भारत रत्न प्रदान किया समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना के तहत निराश्रित और विधवा महिलाओं के लिए वित्तीय मदद को पांच हजार रुपए से बढ़ाकर छः हजार रुपए करने को मंजूरी दी है शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय में दिव्यांगता सैल स्थापित करने को भी मंजूरी दी जो विशेष व्यक्तियों के उत्थान के लिए कार्य करेगा बैठक में विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने को भी मंजूरी दी गई है मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को इस वित्त वर्ष में जारी रखने को मंजूरी दी है योजना के तहत बेसहारा पशुओं व जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के उददेश्य से बाड़ लगाने के लिए उपदान देने का प्रावधान है

शिमला में आज एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि प्रकृति ने प्रदेश को विद्युत ऊर्जा संभावनाओं से नवाजा है और सरकार राज्य में उपलब्ध ऊर्जा संभावनाओं के दोहन के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक राष्ट्र एक ग्रिड का सपना है जिसकी पूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि स्मार्ट ग्रिड तकनीक से बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाया जा सकता है और बेहतर ट्रांसमिशन सुविधाएं विकसित कर इसके संचालन व प्रबंधन के खर्च में भी कमी आएगी राज्यपाल राज्यपाल कलराज मिश्र ने महिला सशक्तिकरण के लिए और प्रभावी पग उठाने की जरूरत पर बल दिया है वे आज शिमला में उनसे मिलने आईं प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर और गुड़िया सक्षम बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा से बातचीत के दौरान बोल रहे थे इस दौरान राज्यपाल को प्रदेश में महिला कल्याण और सुरक्षा की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने विभाग के अधिकारियों को तय लक्ष्य समय पर हासिल करने के निर्देश दिए हैं शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यो में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए

अन्राग ठाक्र केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने स्कूलों और महाविद्यालयों में वित्तीय साक्षरता देने को समय की मांग बताया है नई दिल्ली में वित्तीय साक्षरता विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने युवाओं से रोजगारपरक शिक्षा ग्रहण करने को कहा है वे आज सोलन जिले के बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बोल रहे थे बिंदल ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा हासिल करने के बाद रोजगार और स्वरोजगार के अवसर अहम चुनौती बनकर उभरे हैं मानधन श्रम व रोजगार विभाग ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना को लेकर लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए यह योजना शुरू की गई है इसके तहत पंजीकृत लोगों को साठ वर्ष की आयु पूरा होने पर तीन हजार रुपए की पैंशन सुविधा का लाम मिलेगा ऊना जिले के अम्ब में भी कार्यशाला के दौरान योजना की जानकारी दी गई इसमें सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों पंचायत प्रधानों सचिवों और लोकमित्र केंद्र संचालकों ने भाग लिया

शिमला में आज प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर झूठा प्रचार कर रही है

मंडी जिले में नेरचौक मेडिकल कॉलेज परिसर में आज पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी से इस दिशा में सहयोग का आहवान किया विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि सरकार हरित आवरण बढ़ाने के निरंतर प्रयास कर रही है इधर भाजपा की शिमला इकाई ने ऐतिहासिक रिज मैदान के समीप पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि मौजूद रही स्वागत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम क्मार ने आज ऊना जिले में प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र जैजों में नगर कीर्तन का जोरदार स्वागत किया

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून सक्रिय है और राजधानी शिमला सहित कुछ स्थानों पर आज हल्की वर्षा हुई

हमारे प्रतिनिधि के अनुसार इससे सेब के कई बागीचों को भी नुक्सान पहुंचा है जिले के अनेक भागों में मूसलाधार वर्षा हुई है विधिक साक्षरता नाहन क्षेत्र के त्रिलोकपुर में विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को कानून के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव बसंत वर्मा ने शिविर की अध्यक्षता की समिति प्रदेश विधानसभा लोक लेखा समिति ने आज चम्बा में विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए समिति की सभापति आशा कुमारी ने लोक निर्माण विभाग को सड़कों व निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने को कहा